शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के स्कूलों में कार्यक्रमों के दौरान मुख्य अतिथि को शॉल टोपी भेंट न करने के आदेशों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश विश्व एड्स दिवस के मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मण्डी ज़िला के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बागाचनोगी में उप तहसील और आईटीआई खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज बागाचनोगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले दो दशकों में उन्हें पूर्ण समर्थन दिया है इसी के चलते वह इस क्षेत्र के लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दूरदराज क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को विशेष प्राथमिकता दीँ जा रही है जयराम ठाकुर ने क्षेत्र में विकास की गति में और तेज़ी लाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की

अभिताभ बच्चन फिल्म ब्रहमास्त्र की शूटिंग के लिए मनाली में हैं इस दौरान मुख्यमंत्री और अमिताभ बच्चन के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई मुख्यमंत्री ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने अभिताभ बच्चन से प्रदेश सरकार की फिल्म पॉलिसी पर बातचीत की और इसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अभिताभ बच्चन ने हिमाचल की खूबसूरत वादियों की तारीफ की इससे पहले मुख्यमंत्री ने हिमाचली परम्परा के अनुसार बिग बी का टोपी और शॉल पहनाकर स्वागत किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मुख्य अतिथि को शॉल टोपी भेंट न करने के आदेशों का स्कूल प्रबंधन और शिक्षक समुदाय से सख्ती से पालन करने को कहा है भारद्वाज ने आज शिमला के मशोबरा में विभिन्न निर्माण कार्यों के निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शॉल टोपी पर खर्च होने वाले पैसे को स्कूल में कल्याण कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए सुरेश भारद्वाज ने बाद में शिमला के रिज मैदान पर नगर निगम कर्मचारियों के स्वास्थ्य मेले का भी उदघाटन किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाएगी बिक्रम ठाकर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने युवाओं का आहवान किया कि वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के दृत के रूप में काम करे और खेलों में हिस्सा लेकर नशे से दूर रहें बिक्रम ठाकर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के बठड़ा और बस्सी ग्राम पंचायतों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे संवाद कार्यक्रम में बिक्रम ठाकुर ने जन समस्याएं सुनीं और इनके हल के अधिकारियों को निर्देश दिए उद्योग मंत्री ने युवाओं द्वारा ग्रामीण स्तर पर व्यायामशालाओं की मांग करने की भी सराहना की और कहा कि इससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकेगा राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है इसके लिए सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपूर में पात्र लाभार्थियों को ऐच्छिक निधि के तहत धनराशि वितरित करने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने दो वर्ष के शासन काल में राज्य का संतुलित विकास सुनिश्चित बनाया है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयुर्सीमा और घटाने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक ब्रजुर्ग इससे लाभान्वित हो सकें सैजल ने बाद में परवाणू के बायला से संघोग संपर्क मार्ग पर परिवहन निगम की बस को हरी झण्डी भी दिखाई

इसके लिए सरकार जागरूकता तथा जांच व उपचार के लिए और अधिक सक्रिय कार्यक्रम चलाएगी विपिन परमार आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर शिमला में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे

लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में भी इस मौके पर विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्थापना दिवस वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकूर ने वैज्ञानिकों का आहवान किया कि वे अपने शोध को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाएँ उन्होंने भविष्य के वैज्ञानिकों को भी सलाह दी कि वे भी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके

उन्होंने विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है गोविंद ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार सिंगापुर के एक्टिव ब्यूटिफुल क्लीन कार्यक्रम की तर्ज पर शिमला सुकेती खड़ड और जाहू में योजनाए आरम्भ करेगी इस कार्यक्रम के तहत नहरों नदियों और जलाश्यों को विश्राम स्थलों में तब्दील किया जाएगा महेन्द्र सिंह ठाकूर सिंगापुर के यीशून न्यूटाउन स्थित सेलेटर जलाश्य का दौरा करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में बहने वाली नदियों को साफ और प्रद्षण मुक्त बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि अखण्ड और समृद्ध भारत के निर्माण में गोरखा समुदाय का अभूतपूर्व योगदान है बिंदल आज नाहन कैंट में आयोजित सिरमौरे ज़िला गोरखा एसोसिएशन के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि गोरखा रेजिमेंट दुश्मन को घर में घूस कर मारने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है तथा गोरखा समुदाय का इतिहास और संस्कृति दोनों अत्यंत समुद्ध हैं बिंदल ने ये भी कहा कि सिरमौर जिला का गोरखा समुदाय अपने उच्च आदर्शो को लेकर समाज के हर वर्ग के साथ बेहतरीन तालमेल बनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है

इस दौरान स्वस्थ राष्ट्र सुरक्षित जननी और विकसित धारिणी को समर्पित इस अभियान में जन जागरूकता के लिए व्यापक मुहिम छेड़ी जाएगी अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री मातुवंदना योजना से जोड़ने पर बल दिया जाएगा ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें इस कार्य में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा

योजना के तहत भिलने वाली ये राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में डाली जाती है